प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने अंतर मंत्रालय बैठक में कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की और स्थिति का जायजा लिया तैयारियों का स्तर बढ़ाने के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर सभी यात्रियों की थर्मल इमेजरी उपकरणों से स्क्रीनिंग की जाएगी तथा पर्यटकों और विदेश से लौटने वाले यात्रियों को यात्रा की जगहों की अनिवार्य रूप से जानकारी देनी होगी गृह मंत्रालय से सीमाओं पर स्थापित एकीकृत जांच चौकियों पर जांच प्रक्रियाओं के साथ सभी निर्देशों पर अमल सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन सहित राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने को कहा गया है इधर राज्य में कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों से सतर्कता बरने का निर्देष दिया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन की ओर से कंट्रोल रूम बनाया गया है कारोना वायरस से झारखंड मुक्त रहे इसके लिए चीन सिंगापुर थाईलैंड मलेषिया वियतनाम हांगकांग और काठमांडूं से आने वाले यात्रियों पर विषेष नजर रखी जा रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुणवत्तापूर्ण षिक्षा प्रदान करने के लिए षिक्षकों से सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है श्री सोरेन गिरिंडीह के ड्मरी प्रखंड के षिक्षक द्वारा नये अंदाज में पढ़ा रहे बच्चों के कार्यो की सराहना की उन्होंने कहा कि षिक्षक द्वारा स्थानीय भाषा में गाकर बढ़ाने से बच्चों में बोद्विक विकास के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण षिक्षा भी मिल रहा है वहीं श्री सोरेन ने बोकारो के उपायुक्त से विधवा सम्मान पेंषन में देरी ना करने का निर्देष दिया है श्री सोरेन ने टिवट्र के माध्यम से आई षिकायतों पर संज्ञान लेते हुये उपायुक्त को आदेष दिया कि जनकल्याण के कार्यों को सबसे उपर रखा जाये ताकि राज्य आगे बढ़ सके मुख्यमंत्री ने सरायकेला खरसांवा के उपायुक्त को हाता चाईबासा मार्ग पर डायवर्सन बनाने और पुल के निर्माण में तेजी लाने का निर्देष दिया ताकि यात्रियों को किसी प्रकार के कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़े

एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस सलाह को देखते हुए उन्होंने इस वर्ष किसी भी होली मिलन कार्यक्रम में भाग न लेने का फैसला किया है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि वे इस बार न तो होली मनाएंगे और न ही होली मिलन का आयोजन करेंगे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी होली मिलन समारोहों में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है इधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने टवीट कर कहा कि दुनिया भर के विशेषज्ञों की राय है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए भीड़ और सामूहिक कार्यक्रमों से बचें इसलिए इस वर्ष उन्होंने किसी भी होली मिलन कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है गौरतलब है कि श्री मुंडा हर साल अपने आवास में कार्यकर्ताओं के साथ होली मनाते हैं इस वर्ष नहीं मनाएंगे

भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा सदन में बाबूलाल मरांडी को विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने की मांग को लेकर लगातार आज पांचवे दिन भी हंगामे के आसार बने हये हैं पिछले चार दिनों से भाजपा सदस्यों ने सदन के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्षन कर श्री मरांडी को विधायक दल के नेता बनाने की मांग पर अड़े हुये हैं कल विधानसभा की कार्रवाई षुरू होते ही भाजपा के अनंत ओझा ने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने की मांग की भाजपा के कई विधायक आसन के निकट आकर नारेबाजी करने लगे भाजपा सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही आजसू पार्टी के लंबोदर महतो और विधायक दुल्लू के अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने दिया भोजनावकाष के बाद सभा की कार्यवाही प्रारंभ होने पर भाजपा के अमर बाउरी ने बजट पर चर्चा शुरू करते हुए भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिये जाने की मांग फिर से उठायी इस बीच भाजपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया गोडडा जिले में मिषन इंद्रधनुष कार्यक्रम में तहत दो वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण किया जायेगा

ट्र्नामेंट में भारत सभी लीग मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचा है भारत अगर यह मैच जीतता है तो वह पहली बार फाइनल में पहुंचेगा वहीं दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा सिडनी में बारिष के आसार हैं

इस मौके पर पार्टी सुप्रीमो षिंबू सोरेन ने कहा कि एकजुटता के बल हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे इस मौके पर षिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेष अध्यक्ष दीपक प्रकाष ने कहा है कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए बूथ स्तर तक कार्यकम चलाये जायेंगे राज्य में राज्यसभा के दो सीटों के चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है सत्तारूढ झामुमो कांग्रेस ने दोनो सीटों पर कब्जा के लिए रणनीति बना रहे हैं मुख्यमंत्री और कांग्रेस को झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह के बीच इस सिलसिले में बातचीत हुई है कांके विधायक समरीलाल ने कहा है कि परीक्षा में बेहतर प्रदर्षन करने वाले छात्रों को सम्मानित करना सराहनीय पहल है गुमला के सदर थाना स्थित टोटो बैरटोली के समीप कल देर शाम अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी